प्रदेशभर में आज किसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में डॉ बीडी कल्ला शांति धारीवाल परसादी लाल मीणा रमेश मीना प्रताप सिंह खाचरियावास विश्वेन्द्र सिंह रघ्रशर्मा लालचन्द कटारिया हरीश चौधरी उदयलाल आंजना प्रमोद जैन भाया मास्टर भंवर लाल मेघवाल और सालेह मोहम्मद शामिल हैं राज्यमंत्री की शपथ लेने वालों में गोविन्द सिंह डोटासरा ममता भूपेश अर्जुन बामनिया भंवर सिंह भाटी सुखराम विश्नोई अशोक चांदना टीकाराम जूली भजन लाल जाटव राजेन्द्र यादव और सुभाष गर्ग शामिल हे श्री गर्ग गठबंधन दल राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से भरतपुर से विधायक चुने गये हैं गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार बनते ही अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री तथा सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी

उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में घोषणा पत्र को अनुमोदित करवाकर उस पर तेजी से काम किया जाएगा

डॉक्टर बीडी कल्ला शांति धारीवाल परसादी लाल मीणा और प्रमोद जैन भाया को सचिवालय के मुख्य भवन में कक्ष आवंटित किये गये जबकि शेष मंत्रियों को मंत्रालय भवन में कक्ष आवंटित किये गये हैं

इस अवसर पर संसद भवन सौंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी एक कद्दावर नेता थे और समाज के सभी वर्गों के लोग उनका आदर करते थे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

मंत्रालय ने ये आंकडे राजस्थान और मध्यप्रदेश में यूनिया की किल्लत संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जारी किये हैं मंत्रालय ने कहा है कि रबी फसलों के लिए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार ने सभी उपाय किये हैं और राज्यों के पास यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है

ऐसे निवेशकों के लिए सरकारी स्वर्ण बॉण्ड की कीमत तीन हजार उनहत्तर रुपए प्रति ग्राम होगी इन बॉण्डों की बिक्री बैंकों स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चुने गए डाकघरों और एनएससी तथा बीएसई के जरिए की जाएगी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

आकाशवाणी समाचार से एक विशेष भेंटवार्ता में श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के उद्देश्य से उनके मंत्रालय की इन आश्रय गृहों के लिए प्रत्येक राज्य में एकल परिसर स्थापित करने की योजना है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इस अवसर पर गिरिजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है बाजार में सांता क्लोज के परिधान और किसमस ट्री सहित किसमस से संबंधित चीजे मिल रही है राजधानी जयपुर में ज्यादातर रेस्टोरेंट होटल चर्च और क्लब को किसमस और नये साल के लिये सजाया गया है मध्यरात्रि को कैथोलिक चर्चो में किसमस की विशेष अराधना हुई वहीं प्रभू के जन्म की आकर्षक झांकिया भी सजाई गई

राज्यपाल कल्याण सिंह ने किसमस पर्व पर अपने बधाई संदेश में कहा कि किसमस सदभाव और विश्वास को साझा करने का उत्सव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को किसमस की शुभकामनाए देते हुए कहा है कि प्रभु यीशु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहे

न्यूनतम तापमान में बढोतरी के बावजूद लोगो को ठण्ड से राहत नहीं मिल रही है